इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इसी तरह सामान्य मृत्यु और स्थायी अपंगता पर श्रमिक परिवारों को दो दो लाख रूपये की अन्ग्रह राशि दी जाती है

यहाँ कोविड गाईडलाईन का पालन नही करने पर स्सनेर में दो निजी दवाखानों को सील किया गया

प्रभार सौंपने के लिये राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि टीआई से डीएसपी का पदभार ग्रहण करने पर टीआई कार्यवाहक उप प्लिस अधीक्षक की वर्दी धारण कर वरिष्ठता या वेतन भत्ते के दावे को छोड़कर पदेन समस्त शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे जबलपुर कोरोना जबलप्र जिले में कोरोना के मामले काबू में आ रहे हैंए वहीं नए संक्रमितों की त्लना में यहाँ ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है